काम में लापरवाही बरतने के आरोप में समाज कल्याण विभाग के बारह अन्य अधिकारियों पर भी हुयी कार्रवाई

और छपरा में एक व्यवसायी से अपराधियों ने बारह लाख रूपये लूटे

निलंबन का आदेश विभाग के निदेशक राजकुमार ने जारी किया है निदेशक ने बताया कि मुजफ्फरपुर के साथ मुंगेर की सीमा कुमारी अररिया के घनश्याम रविदास मधुबनी के सहायक निदेशक जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग और अतिरिक्त प्रभार सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई कुमार सत्यकाम भागलपुर की एडीसीसी गीतांजलि प्रसाद तथा भोजपुर के तत्कालीन एडीसीसी आलोक रंजन को निलंबित किया गया है वहीं सरकार ने मुंगेर भागलपुर मधुबनी और मोतिहारी के तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारियों को भी निलंबित कर दिया है इसके साथ ही गया के वर्तमान बाल संरक्षण पदाधिकारी और अररिया के पर्यवेक्षन गृह के अधीक्षक को भी निलंबित किया गया है निलंबित अधिकारियों पर सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट में संस्थान की संवासिनों के साथ मारपीट अभ्रद व्यवहार और अवांछित कार्य किये जाने की सूचना के बाद भी संस्थानों के विरूद्व कार्रवाई नहीं करने का आरोप है केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले में अन्य विभागों के अधिकारियों की कथित भूमिका की भी जांच कर रहा है इधर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने इस मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के अन्य विभागों से जुड़ी गतिविधियों की जांच भी शुरू कर दी है जिला प्रशासन ने मुख्य आरोपी के सभी हथियारों के लाईसेंस को भी रद्द कर दिया है

पटना के अधिवेशन भवन में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में आरोपियों को बचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जायेगी इस अवसर पर श्री कुमार ने सतत जीविकोपार्जन योजना की भी शुरूआत की इस योजना के तहत एक लाख गरीब परिवारों को रोजगार की गतिविधियों से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से गरीब परिवार भी अब कृषि और लघु व्यवसाय के साथ अन्य क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति कर रहे हैं इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी उपस्थित थे

श्री ठाकुर ने कहा कि बच्चियों के साथ इतनी बड़ी घटना की जानकारी समाज कल्याण विभाग को नहीं होना आश्चर्यजनक है वहीं जदयू नेता श्रवण कुमार ने श्री ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि इस मामले में मंजू वर्मा के इस्तीफे की कोई आवश्यकता नहीं है श्री कुमार ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले पर त्वरित कार्रवाई कर रही है

केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुनपुन नदी पटना के श्रीपालपुर में खतरे के निशान से पचास सेंटीमीटर नीचे थी इसके जलस्तर में कल सुबह आठ बजे तक नब्बे सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज जिले के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से तेईस सेंटीमीटर ऊपर था इसके जलस्तर में कल सुबह छह बजे तक दस सेंटीमीटर वृद्धि होने की संभावना है वहीं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से उनचास सेंटीमीटर ऊपर था इसके जलस्तर में कल सुबह छह बजे तक तेरह सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतार में खतरे के निशान से बयालीस सेंटीमीटर ऊपर था इसके जलस्तर में कल सुबह छह बजे तक तेरह सेंटीमीटर वृद्धि की संभावना है सीतामढी होकर गुजरने वाली बागमती और अधवारा समूह की नदियां भी पूरे उफान पर हैं बागमती नदी डेंग रेलवे पुल के समीप खतरे के निशान से पचहतर सेंटीमीटर सोनाखान के समीप इकतालीस सेंटीमीटर और ड्ब्बा धार के समीप पैंतीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की है प्रदेश के उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य और दक्षिण पूर्वी भागों के एक दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जतायी गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पश्चिमी चंपारण जिले के गौनाहा में सबसे अधिक चौदह सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी है वहीं बेग्सराय जिले के साहेबप्रकमाल और सहरसा जिले के सिमरी में ग्यारह ग्यारह सेंटीमीटर बारिश हयी है वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर तीन से लेकर आठ सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गयी है बारिश के दौरान वज्रपात से सहरसा और शेखपुरा जिले में दो किसानों की मौत की खबर है

श्री दास ने आज पटना में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए की जीत होगी उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर विपक्षी पार्टियां एक होने की कोशिश कर रही हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के आगे इनकी एक नहीं चल रही है

श्री सिंह आज कटिहार में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में जीडीपी दर बढ़ी है और देश के पांच करोड़ लोगों को उजाला उज्ज्वला के साथ सौभाग्य योजना से जोड़ा गया है

श्री क्मार ने कहा कि किसानों को धान के अच्छे उत्पादन के लिए फसल को खरपतवार से होने वाली क्षति से बचाना चाहिए श्री कुमार ने पौधा संरक्षण संभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को अपने क्षेत्रों का नियमित दौरा करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि खरपतवार पर नियंत्रण से फसलों के उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज मुगलसराय में आधिकारिक रूप से इसकी शुरुआत की इस दौरान रेल मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे

पूलिस अपराधियों की गिरफतारी के लिए विभिन स्थानों पर छापेमारी कर रही है

इस अवसर पर श्री पाण्डेय ने कहा कि पोलियो का जड़ से समाप्त करने के लिये सरकार तत्परता से काम कर रही है उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना प्रदेश में सितंबर महीने से लागू हो जायेगी राज्य के अन्य जिलों में भी इस अभियान के तहत विभिन्न अस्पतालों के साथ अन्य सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों को पोलियो की दवा दी गयी

इस मेले में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्र में योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेंगी

वहीं शेखप्रा को गोसायमढ़ी गाव में उत्पाद विभाग ने छापामारी कर पचास लीटर देशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है इधर कटिहार जिले के कुरसेला थाना क्षेत्र के ड्मरिया नहर पुल के पास पुलिस ने एक ऑटो से दो सौ चालीस लीटर विदेशी शराब बरामद किया है

हालांकि बाद में दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया बैंक प्रबंधक के अनुसार आग से केवल एक कम्पुटर सेट को नुकसान पंहुचा है

काम में लापरवाही बरतने के आरोप में समाज कल्याण विभाग के बारह अन्य अधिकारियों पर भी हुयी कार्रवाई

और छपरा में एक व्यवसायी से अपराधियों ने बारह लाख रूपये लूटे